राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अधिकारियों से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने को कहा सॉची स्थित बौद्ध अध्ययन संस्थान में अन्य देशों के भी अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे

अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने विपक्ष द्वारा रखे गये अविश्वास प्रस्ताव को कल रात आसानी से खारिज कर दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन भर चली बहस का जवाब देते हुए विपक्ष को अहंकारी बताया उन्होंने कहा कि यह सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं है लेकिन कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों की परीक्षा है श्री मोदी ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप लगाने के लिये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें कहा कि वे संवेदनशील मुद्दों पर बचकाना बयान देने से बचें राफेल विमान खरीद पर आरोप लगाने पर प्रधानमंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि यह सौदा भारत और फ्रांस सरकार के बीच किया गया और इस पर पूरी पारदर्शिता बरतते हुए हस्ताक्षर किये गये चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार ने केवल बड़े बड़े वायदे किये हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को मुद्रा योजना में ऋण उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाये जाने की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने कल बड़वानी जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने को कहा श्रीमती पटेल ने स्कूल की कमियों को दूर कर उनका कायाकल्प करने को कहा जिससे विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे राज्यपाल ने दीपावली के पहले स्कूलों को बेहतर बनाने का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिये श्रीमती पटेल ने दिव्यांग आश्रम का भ्रमण कर वहां की छात्राओं से बातचीत की इसके अलावा वे आशाग्राम भी गयी जहां उन्होंने दिव्यांग हितग्राहियों को तिपहिया वाहन और बैसाखी प्रदान की उन्होंने वृद्वाश्रम में बुजुर्गो से भी चर्चा की निर्माण मजदूर उच्चतम न्यायालय ने देश भर में भवन और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की कल्याण योजना को अंतिम रूप देने के लिए कल केंद्र सरकार के लिए तीस सितम्बर की समय सीमा निर्धारित कर दी है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि कल्याण योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि इससे संबंधित योजना मसौदा श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और राज्यों से दस अगस्त तक इस पर सुझाव मांगे गए गए हैं केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अन्य लोग भी इस मसौदे पर तीस अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं और तीस सितम्बर तक योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा

श्रीलंका और वियतनाम ने अपने अपने अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में विश्वविद्यालय की साधारण सभा की बैठक में ये जानकारी दी गई श्री चौहान ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यो के लिए जरूरी अधोसंरचना के निर्माण का काम तुरन्त शुरू करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना के उद्देश्यों को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जायेगा और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान और बौद्ध दर्शन के एकीकृत अध्ययन का बड़ा अकादमिक केन्द्र बनेगा मुख्यमंत्री ने संस्थान की शैक्षणिक प्रगति और अन्य गतिविधियों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिये

ग्वालियर चंबल संभाग के सात हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को भी लैपटॉप की राशि प्राप्त हुई है

इस मौके पर ग्वालियर में नवीन ऊर्जा मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की मौजूदगी में समारोह भी आयोजित किया गया वहीं भोपाल के लाल परैड मैदान में भी दो हजार विद्यार्थियों को लैपटाप की राशि वितरित की गई

बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस उनतीस जुलाई को मनाया जायेगा इस अवसर पर प्रदेश के छह शहरों रायसेन सीहोर बैतूल छिन्दवाड़ा पन्ना और सतना में तीन श्रेणियों में दीवार चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक शाहबाज अहमद ने बताया कि प्रतियोगियों को प्रतियोगिता स्थल पर दीवार उपलब्ध करवाई जायेगी जहां उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी के लिए तीनों श्रेणियों में प्रत्येक शहर के लिए कुल तैतीस हजार रूपये का ईनाम रखा गया है दुर्घटना श्योपूर से ग्वालियर जा रही छोटी रेल लाइन की ट्रेन का इंजन कल पटरी से उतर गया इससे कुछ यात्रियों को मामूली चोटे आयी है मुरैना जिले में सुमावली बानमोर के पास ये हादसा हुआ ा दूर्घटना के बाद रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर जायजा लिया वहीं सागर जिले के गढ़ाहकोटा में एक वेन और ट्रक की टक्कर में वेन में सवार तीन महिलाओं की मृत्यु हो गयी और एक दर्जन लोग घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रतियोगिता सीहोर के बिलकिसगंज में कल चौसठवीं राज्य स्तरीय भारोत्तोलन और ग्रीकोरोमन कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गयी

वही कल ही दतिया में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली शतरंज और केरम प्रतियोगिता भी शुरू हो हुई है जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इसका शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों से शहरी और दिमाग के विकास के साथ ही निराशा से उबरने में कामयाबी भिलती है प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग में प्रदेश के सभी संभागों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं